सबसे अधिक एक सौ छह मामले पटना जिले से सामने आये हैं

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें देश में अब तक छह करोड़ पांच लाख तीस हजार से अधिक कोविड टीके लगाए जा चूके हैं नीति आयोग में स्वास्थ्य से संबंधित सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में अड़सठ हजार से अधिक लोगों में संक्रमण का पता चला है इसके साथ ही कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर एक करोड़ बीस लाख उनतालीस हजार छह सौ चौवालीस हो गई है इस महामारी से एक करोड़ तेरह लाख पचपन हजार नौ सौ तिरानवे मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव तीन दो प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटों में बत्तीस हजार दो सौ इकतीस रोगियों को संक्रमण से मुक्त होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छूट्टी दे दी गई इस दौरान महामारी से दो सौ इक्यानवे व्यक्तियों की मौत हुई कोविड से अब तक कुल एक लाख इकसठ हजार आठ सौ तैंतालीस लोगों की मौत हो चुकी है फिलहाल पांच लाख इक्कीस हजार आठ सौ आठ कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडेय ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि पैंतालीस वर्ष से अधिक आयू वर्ग के लोगों को टीका लगाने की अनुमति देने के सरकार के फैसले के बाद टीकाकरण के काम में तेजी आएगी

सबसे अधिक एक सौ छह मामले पटना से सामने आये हैं वहीं भागलपुर से सोलह जहानाबाद से तेरह और मधुबनी से बारह पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख पैंसठ हजार एक सौ चौरानवे हो गयी है वहीं इसी अवधि में संतानवे मरीजों को छुट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख बासठ हजार एक सौ तैंतीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर अंठानवे दशमलव आठ पांच प्रतिशत है एक मरीज की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार पांच सौ तिहत्तर हो गया है वर्तमान में एक हजार चार सौ सतासी मरीजों का उपचार चल रहा है पटना में सबसे अधिक छह सौ तैंतालीस मरीज इलाजरत हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महामारी विज्ञान तथा संचारी रोग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने बताया कि हाल के दिनों में कोविड मामलों में तेजी से वृद्धि का मुख्य कारण लोगों द्वारा कोविड दिशा निर्देशों की अनदेखी करना है

दो गज की दूरी हाथ साफ रखना मास्क इस्तेमाल करना और ये जो लार्ज गेदरिंग्स हो रही है न सोशल इवेंट के कारण हो रिलीजियस इवेंट हो या इलेक्शन कैंपेन ये सब अवॉइड करना चाहिए ये चार चीज होते हुए भी हम वैक्सीनेशन रोल आउट प्रोग्राम चालू किया है ये पांच एक साथ हम ठीक तरीके से करते हैं तो चेन ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ द वायरस ये हम रोक पाएंगे भारत सरकार के वैक्सीन मैत्री पहल के तहत चार देशों में कल भारत निर्मित कोविड उन्नीस वैक्सीन भेजी गई वैक्सीन ले जाने वाले विमान फिजी जिम्बाम्बे नाइजर और पराग्वे पहुंचे फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमाकामा ने एक ट्वीट में कहा कि वैक्सीन मैत्री के तहत जीवन रक्षक कोविड उन्नीस टीकों की एक लाख ख्राक फिजी पहुंच गयी है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी और विश्व को महामारी से निपटने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया पराग्वे के राष्ट्रपति मैरितो एब्दो ने भारत को कोविड उन्नीस वेक्सीन की एक लाख खुराक भेजने के लिए धन्यवाद दिया जिम्बाम्बे के राष्ट्रपति एमरसन डैम्बुडजो मननगवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोवैक्सीन की पचहत्तर हजार खुराक भेजने के लिए धन्यवाद दिया नाइजर के लोक स्वास्थ्य मंत्री अहमद बोटो ने भारत के राजदूत से वैक्सीन की पच्चीस हजार ख्राक हवाई अड्डे पर प्राप्त कीं वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत अब तक सत्तर से अधिक देशों को कोविड उन्नीस वैक्सीन उपलब्ध करा चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा योद्धा पुस्तक का नया संस्करण अब छात्रों और अभिभावकों के लिए नई जानकारियों के साथ उपलब्ध है यह हर जगह सुलभ रहने के साथ ऑनलाइन और परीक्षा वारियर्स मॉड्यूल नमो ऐप पर भी उपलब्ध है श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पुस्तक के नए संस्करण को छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों से मिली मूल्यवान जानकारी के साथ समृद्ध किया गया है उन्होंने कहा कि यह प्रस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित करेगी और इससे छात्रों तथा अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ेगा जल जीवन मिशन के तहत चार करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई है इस मिशन की घोषणा पन्द्रह अगस्त दो हजार उन्नीस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी जिसके तहत दो हजार चौबीस तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है अब तक लगभग सात करोड़ चौबीस लाख यानी एक तिहाई से अधिक ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाया जा चुका है गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां शत प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचा है इधर बिहार में भी जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जल संरक्षण और वनों के विस्तार के लिए अभियान चलाया जा रहा है सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के हर घर में दो हजार बाईस तक नल से पीने का पानी पहुंचा दिया जाए राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान पैंतीस से अड़तीस डिग्री सेल्सियस के बीच रिकार्ड किया गया है पटना मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक मोहम्मद जीशान अंसारी ने बताया कि आज और कल राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में धूलभरी आंधी चलने की सम्भावना है

राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने बताया कि शेष अंचलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के लिए अगले वित्तीय वर्ष में राशि आवंटित की जायेगी उन्होंने उम्मीद जताया कि मार्च दो हजार बाईस तक सभी अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार काम करने लगेंगे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रदेश में एक करोड़ छियासठ लाख परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने कहा कि अब तक एक करोड़ इकतालीस लाख शौचालयों का निर्माण कार्य प्ररा कर लिया गया है श्री कुमार ने कहा कि शौचालयों के निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत की जांच की जा रही है दोषी व्यक्यिों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अप्रैल के पहले सप्ताह में मैट्रिक का परीक्षा परिणाम जारी कर सकता है बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि परिणाम जारी करने की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है गौरतलब है कि बोर्ड की ओर से सत्रह फरवरी से चौबीस फरवरी के बीच मैट्रिक परीक्षा का आयोजन किया गया था परीक्षा में कुल सोलह लाख चौरासी हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा पर तैनात सेना के एक जवान रणधीर सिंह की मौत हो गई है रोहतास जिले के संझौली स्थित उदयपुर गांव के रहने वाले रणधीर सिंह सेना के ग्रेव इंजीनियरिंग कोर में कार्यरत थे वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र अन्तर्गत लगुरांव बिलनपुर में भूमि विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी पुलिस मामले की जांच कर रही है कटिहार जिले में पोठिया पुलिस आउट पोस्ट क्षेत्र के ड्मर खोटा गांव में दो मोटरसाईकिल के बीच हुई टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए वहीं सुपौल जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई घटनाओं में एक युवक सहित दो लोगों की मौत हो गई बेगूसराय जिले के सिंघौल ओपी क्षेत्र में अपराधियों ने पूर्व मुखिया रामविलास चौधरी के घर से बीस लाख रुपये से अधिक की संपत्ति चुरा ली रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के जिगना गांव में होली खेलने के दौरान दो गुटों के बीच मारपीट हो गई इस दौरान हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह घायल हो गए पुलिस ने इस मामले में ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया है नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत गढ़पर मोहल्ले से एक मकान पर छापेमारी कर पुलिस ने दस लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है वहीं सहरसा जिले से पूलिस ने दो वाहन से अस्सी कार्टन विदेशी शराब जब्त की है पूलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है प्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर होली मनाई राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते होली के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की गतिविधि और आयोजन की अनुमति नहीं दी गई थी जारी दिशा निर्देश का लोगों ने पालन किया और घर पर ही रहकर सादगीपूर्वक होली का पर्व मनाया इधर होली के मौके पर पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब में सिख श्रद्धालुओं ने होला मोहल्ला कार्यक्रम का आयोजन किया जहां सिख श्रद्धालुओं ने पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला

सबसे अधिक एक सौ छह मामले पटना जिले से सामने आये हैं